प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की छठी बैठक के दौरान कहा कि कोविड महांमारी के दौरान केन्द्र और राज्यों में मिल कर काम करके एक मिसाल कायम की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतलुज यमुनान व हांसी बुटाना लिंक नहर के मुददे पर केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक वस्तु एवं सेवा कर एकत्रित कर रहा है हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करना और सरकारी संघवाद को और भी अर्थपूर्ण बनाना चाहिए उन्होंने न केवल राज्यों में बल्कि जिलों में भी प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद की भावना पैदा करने की अपील की आज नीति आयोग की छठी बैठक के दौरान अपने शुरूआती भाषण में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने तेजी से प्रगति करने के लिए अना मन बना लिया है और ये अपना समय गंवाना नहीं चाहता उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट के लिए मिली सकारात्मक प्रतिकिया ने राष्ट्र की मनोदषा अभिव्यक्त की है और युवा वर्ग इस मनो स्थिति के लिए प्रमुख भूमिका निभाग रहा है श्री मोदी ने कहाकि आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि विष्व की जरूरते पूरी करने वाला राष्ट्र बनाने की दिषा में एक कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि देष का निजी क्षेत्र भी पूरी उर्जा के साथ आगे आ रहा है उन्होंने कहा कि इस बजट में आधारभूत संरचना के लिए रखी गई राषि की सराहना की गई है

उन्होंने कहा इिनमें से छः शहरों में आधूनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन मकानों का निर्माण किया गया है

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोगों ने देखा है कि कोविड महांमारी के दौरान किस तरह केन्द्र और राज्यों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है श्री मोदी ने अनाज की बर्बादी को कम करने के लिए कृषि उत्पादों के भण्डारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केन्द्रित करने की अपील की हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज की बैठक में कृषि आधारभूत संरचना विनिर्माण मानव संसाधनों का विकास और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार से सतलूज यमुना व हांसी बूटाना लिंक नहर के मुददे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि हरियाणा को अपना अधिकार मिल सके उन्होंने कहा कि प्रदेष में पानी की उपलब्धता हेतु किषाउ बांध के लिए जल्द ही एक मसझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जायेंगे इसके अलावा उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेष के सथ लखवार और रेणुका डैम के लिए पहले ही समझौता हो चुका है मुख्यमंत्री आज चण्डीगढ में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नेकहा कि प्रदेष सरकार ने जल संरक्षण और जल का उचित उपयोग सुनिष्वित करने केलिए कई कदम उठाए हैं लेकिन प्रदेष का अधिकांष हिस्सा डार्क जोन में तबदील होता जा रहा है इसलिए केन्द्र सरकार सतलुज यमुना व हांसी बुटाना लिंक नहर के मुददे पर हस्तक्षेप कर इसे सुलझाये ताकि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिल सके

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अधिक जीएसटी वसुली करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री नेद कहा कि कृषि को बढावा देने के लिए संसाधनों के बेहतर व उचित उपयोग हेतु जिला स्तर पर फसल प्रणाली को कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ जोड़ने की दिषा में कार्य किया जा रहा है धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की पैदावार को बढावा देने के उद्देष्य से मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है

विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने सबको मानवाधिकारों की रक्षा करने और सब के साथ एक समान व्यवहार करने का संकल्प लेने का आग्रह किया है श्री नायडू ने कहा कि समाज के रास्ते की बाधाए गरीबी अनपढ़ता और भेदभाव को खत्म करने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज रेवाड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री राव बिरेन्द्र सिंह की जयंती पर उनकी समाधि पर पृष्पांजलि अर्पित की सहकारिता मंत्री ने कहा कि राव बिरेन्द्र सिंह ने हमेशा देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए कार्य किया वह आर्थिक विकास का फायदा आम आदमी तक और विशेष रूप से कमजोर तबकों तक पहुंचाना चाहते थे हरियाणा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको निर्धारित समयावधि में पूरा करना होगा श्री कौशल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना पर प्रदेश के सभी उपायक्तों की समीक्षा बैठक ली उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के अंदर की जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है इससे जमीन के मालिकों को उनका वास्तविक हक प्राप्त होगा और जमीन की रजिस्ट्री होने से भू स्वामी अनेक प्रकार की ऋण संबंधी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनिल कुमार और हरियाणा के पंचायती राज विभाग के निदेषक आर सी बिधान ने कल गांव पतरेहडी कॉ दौरा किया उन्होंने स्वामित्व योजना विषेष विकास योजना आधुनिक गांव व ग्रामीण विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की उन्होंने कहा कि भविष्य की योजना तैयार कर गांव को आदर्ष गांव के तौर पर विकसित किया जाये उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत गांव का नक्षा तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अपने सामने ड्रोन के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की